साथ ही ऐसी कम्पनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर भी नहीं देना होगा

ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना जिला के थानाकलां में कृषक बकरी पालन योजना के तहत बकरी वितरण कार्यक्रम में ये जानकारी दी वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि बकरी पालकों की एक सोसाइटी बनाकर इसके माध्यम से बकरी के दूध की प्रोसेसिंग इकाई स्थापित की जाएगी पशुपालन मंत्री ने कहा कि बकरी के दूध व पनीर को ब्रांड बनाकर बेचने की योजना बनाई जा रही है उन्होंने कहा कि पशुपालन को युवा स्वरोजगार का साधन बना सकते हैं

मातृ वंदना योजना गर्भवती और बच्चों को स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सरकार की विशेष योजना प्रधानमंत्री मातुवंदना योजना में लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो जाने पर एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर योजना है जिसमें गर्भवती महिला को उसकी पोषण जरूरतें पूरा करने और वजन में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए उसके बैंक खाते में रकम ट्रांसफर की जाती है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि इस योजना के तहत चार हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है

इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को तीन किश्तों में पांच हजार रुपए दिए जाते हैं पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना के तहत भी नकद राशि दी जाती है एक महिला को औसतन छह हजार रुपए मिल जाते हैं स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत वन विभाग द्वारा आज शिमला के उपनगर खलीनी में स्वच्छता अभियान चलाया गया वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने इस अवसर पर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से अपने कार्य क्षेत्र व आवासीय स्थलों को स्वच्छ और हराभरा रखकर लोगों को हरित वातावरण का संदेश देने का आहवान किया वन विभाग ने अभियान के तहत आज प्रदेशभर में वृत व मंडल स्तर पर कार्यालयों और आवासीय स्थानों में ऐसे स्वच्छता अभियान चलाए सफाई अभियान विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण रिकांगपिओ में अक्तूबर माह से स्वच्छता अभियान के तहत सफाई कर्मचारी घर घर जाकर कूड़ा एकत्रित करेंगे किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि घरों से इकट्ठे किए गए कूड़े को पवारी में स्थापित ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट में पहुंचाया जाएगा उन्होंने बताया कि अगर ये मुहिम सफल रही तो जिले की अन्य पंचायतों में भी ऐसा अभियान शुरू किया जाएगा दुर्घटना मण्डी जिला के जोगिन्द्रनगर उपमण्डल के तहत बसाहीधार गांव के पास कल देर रात एक कार के गहरी खाई में गिरने से दो लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि दो अन्य घायल हुए हैं दोनों मृतक युवक कांगड़ा जिला के चाहड़ी हटवास के रहने वाले थे घायलों को सिविल अस्पताल जोगिन्द्रनगर भर्ती करवाया गया है ये वाहन सरकाघाट से जोगिन्द्रनगर आ रहा था

हिमाचल प्रदेश शिमला सर्कल के मुख्य महा डाकपाल ने बताया कि इस दौरान जनता की डाक संबंधी शिकायतें सुनी जाएंगी

प्रतियोगिता की नियम पुस्तिका विभाग की वैबसाईट डब्लयू डब्लयू डब्लयू डॉट एच पी टी डी सी डॉट इन पर उपलब्ध है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

नमस्कार